मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित रिम्स और रिसालदार बाबा मजार स्थित कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करने की अपील की च्नाव आयोग ने देवघर के उपायक्त मंजूनाथ भजंत्री के स्थान पर नैंसी सहाय को पदस्थापित किया अधिसूचना जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

उन्होंने सशस्त्र बलों द्वारा महामारी से निपटने की दिशा में तैयारी और संचालन की जानकारी प्रधानमंत्री को दी श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले दो वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है अन्य चिकित्सा अधिकारी जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे आपातकालीन हेल्प लाइन के माध्यम से परामर्श देने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं प्रधानमंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के साथ केन्द्रीय और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड तथा विभिन्न मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों को सुदूर क्षेत्रों में जाकर अपनी विशेषज्ञ सेवाएं देने के विषय पर भी चर्चा की

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे इस मौके पर उन्होंने रिम्स में चल रहे कोरोना मरीजों के इलाज के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली मुख्यमंत्री ने रांची स्थित बाबा रिसालदार मजार में बने अस्पताल का भी निरीक्षण किया इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करने की लोगों से अपील की

इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया सके उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीके लगाने की सुविधा मिलेगी डॉ हर्षवर्धन ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसी को सीधे तौर पर टीके नहीं देती

केन्द्र सरकार ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिये हैं सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पंत्र लिखा है श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है

चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को तत्काल प्रभाव से उपायुक्त के पद से हटा दिया है उनकी जगह देवघर की पूर्व उपायुक्त नैंसी सहाय को नया उपायुक्त बनाया गया है इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है

सीएसआईआर ने भी कहा है कि उसने इस दावे के बारे में कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है कांग्रेस भवन रांची में कल स्वास्थ्य विभाग के दो चिकित्सक कोरोना के मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देंगे

मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हो रही हो सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है मंत्रालय ने कोरोना मरीजों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर आपदा प्रबंधन के लिए पूर्ण सहयोग कर रही है

उनके साथ उनकी पत्नी को भी भर्ती किया गया है

कोरोना संकमण के कारण रामगढ़ जिले में कार्यपालक अभियंता रामगढ़ अंचल के पद पर पदस्थापित सुनाराम सोरेन का कल शाम रांची के रिम्स अस्पताल में निधन हो गया गोला के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय क्मार रजक साइकल पर सवार होकर स्वास्थ्य सुरक्षा की जांच के लिए गोला डीवीसी चौक सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने आम ग्राहक की तरह कई दुकानों की जांच की

रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीज जो होम आइसोर्लेशन में रह रहे हैं उन्हें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में आज ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया बैठक के दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार ने सबसे पूर्व एडीएफ सुभ्रा सेन से अब तक रामगढ़ जिले में होम आइसोलशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीज के बारे में जानकारी ली

इसके साथ ही दोपहर बाद ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है